जयराम ठाक्र ने इस मौके पर घायलों के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और घायल रणबीर द्वारा इसकी सुचना लोगो तक पहुंचाने के लिए उसकी बहाद्री की सराहना की मुख्यमंत्री ने कहा कि भवध्यि में ऐसे हादसों पर अंकृश लगाने के लिए सरकार एक समिति का गठन करेगी उन्होंने बच्चों के उपचार के लिए चिकित्सकों को निर्देश देते हुए कहा कि उपचार का सारा खर्च सरकार वहन करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए मैजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं उन्होंने मृतक बच्चों को श्रद्धाजंलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों को सांतवना दी

भाजपा बैठक आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक मंडी में चल रही है इस दौरान संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की जा रही है और विधानसभा चुनाव में जो कमिया रही है उनकी समीक्षा की जा रही है भाजपा ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चनाव में विस्तारक की भुमिका निभाने का आहवान किया है बैठक के आज दूसरे दिन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने विस्तारक बनने का सुझाव रखा भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विस्तारक कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं से स्वेच्छा से विस्तारक बनने का आहवान किया जाएगा

बैठक में कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा सत्र में रचनात्मक विपक्ष की भुमिका नहीं निभाई और तथ्यहीन बातों को लेकर विरोध करते रहे

इस दौरान कांग्रेस द्वारा संसद न चलने देने को लेकर विरोध जताया जाएगा

भारत सरकार के कैबिनेट सचिव ने इस संबध में विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपायुक्त व अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की

इस दौरान केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों की शत प्रतिशत परिपूर्णता सुनिश्चित की जाएगी आदर्श ग्राम बिलासपुर जिले में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत दयोली गांव में समूचित विकास के लिए कई योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है आज बिलासपुर में योजना संबंधी एक समीक्षा बैठक में उपायुक्त विवेक भाटिया ने ये जानकारी दी उन्होंने सभी अधिकारियों से ग्रार्मीण विकास के लिए नई योजनाएं बनाने का आहवान किया ताकि जिले के हर गांव को आदर्श बनाने की दिशा में कार्य किया जा सके रोहतांग लाहौल स्पिति ज़िले के प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रै को सुरंग बनने के बाद भी सीमा सड़क संगठन बहाल रखेगा बीआरओ के महानिदेशक ब्रिगेडियर मोहन लाल ने निर्माणाधीन रोहतांग सुरंग का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्पूर्ण मनाली लेह मार्ग में अब शिंकुला टॉप में भी टनल बनाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है ब्रिगेडियर मोहन लाल ने कहा कि इसकी स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि संगठन रोहतांग सड़क का रखरखाव आगे भी जारी रखेगा ताकि किसी भी परिस्थिति में इसका उपयोग किया जा सके मोहन लाल ने तांदी संसारी नाला में दशकों पुराने पुल को चरणबद्व ढंग से बदलने की बात कही महिला आयोग राज्य महिला आयोग का गठन महिलाओं का शोषण रोकने और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा व पुर्नवास सुनिश्चित करने के लिए किया गया है आयोग के सदस्य सचिव संदीप नेगी के अनुसार आयोग अपना प्रतीक चिन्ह जल्द तैयार करेगा इसके लिए लोगों से प्रविष्ठियां मांगी गई हैं

उन्होंने बताया कि पहले तीन चयनित लोगो पर पुरस्कार राशि भी दी जाएगी उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्ति अपना लोगो भेजते समय नाम व पत्ते सहित विस्तृत विवरण भेजें